भोपाल में हुई बैठक में नेताओं के दायित्वों की हुई समीक्षा

वीडियो कांफ्रेंस राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कल वीडियो कांफ्रेंस के जरिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर राज्यपालों के सम्मेलन के उदघाटन सत्र को संबोधित करेंगे

नई शिक्षा नीति के माध्यम से स्कूल और उच्च शिक्षा स्तर पर बड़े सुधार किये जाऐंगे इसका उद्देश्य देश को सक्रिय और समावेशी ज्ञान केन्द्र बनाना है वही एक ऐसी शिक्षा प्रणाली लागू करना है जो भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने में महत्वपूर्ण योगदान कर सके राज्यपाल सम्मेलन में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री विश्वविद्यालयों के क्लपति और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी भाग लेंगे

पूर्व केन्द्रीय मंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुरेश पचौरी कोरोना सक़मित हो गये है एक टवीट के माध्यम से श्री पचौरी ने उनके संपर्क में आए हुए लोगों से कोरोना टेस्ट कराने का आग्रह किया है

प्रदेश के चार बड़े शहरों में मरीजों की संख्या लगातार बढ रही है

वहीं ग्वालियर में छह हजार से अधिक और जबलपुर में मरीजो की संख्या पांच हजार के करीब पहुंच गयी है वहीं लाकडाउन के बाद आज पहली बार इंदौर से जबलपुर के लिये ओवरनाइट एक्सप्रेस रवाना होगी

सतना जिले में रविवार को लगाया गया साप्ताहिक लाकडाउन निरस्त किये जाने के बाद आज से महाराज मार्तण्ड सिंह जूदेव व्हाइट टाइगर सफारी और मुकुंदपुर स्थित चिड़ियाघर में पर्यटक अब रविवार को भी भ्रमण कर सकेंगे वहीं डिडौरी जिले में भी लाकडाउन खत्म होने के बाद आज बाजार खुले

वेबीनार पत्र सूचना कार्यालय भोपाल द्वारा आज आत्मनिर्भर भारत के तहत मध्यप्रदेश में गरीब कल्याण रोजगार अभियान विषय पर वेबीनार का आयोजन किया गया इसमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग के अपर मुख्य सचिव मनोज श्रीवास्तव ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि गरीब कल्याण रोजगार अभियान का उद्देश्य कोरोना के कारण बेरोजगार हुए प्रवासी मजदूरों को जीवन यापन उपलब्ध कराना है

इससे प्रवासी मजदूरों को गांव में ही रोजगार उपलब्ध हुए और उनका जीवनयापन आसान हुआ

इससे लगभग डेढ हजार कारीगरों को बढ़ी हई आमदनी के साथ रोजगार मिल सकेगा सरकार हाथ से अगरबत्ती बनाने वालों और प्रवासी श्रमिकों को आत्म निर्भर भारत अभियान में प्राथमिकता देगी सूक्ष्म लघ् और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने कहा है कि सरकार प्रशिक्षण कच्चे माल विपणन और वित्तीय सहायता के माध्यम से कारीगरों को लगातार प्रोत्साहन दे रही है

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा सहित अन्य नेता इस बैठक में शामिल हुए बैठक के बाद श्री चौहान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि वरिष्ठ पदाधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक कर विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हयी प्रदेश अध्यक्ष श्री शर्मा ने बताया कि बैठक में उपचुनाव की दृष्टि से कार्य और जिम्मेदारियों की समीक्षा की गयी और आगामी रणनीति पर भी विचार विमर्श हुआ

सबसे अधिक पांच सेन्टीमीटर वर्षा पथरिया में दर्ज की गयी